सर्वोच्च न्यायालय ने इंजीनियरिंग एवं मेडीकल के लिए जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने बारे दाखिल याचिका ठ्करा दी है

प्रधानमंत्री आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्लिस अकादमी में दीक्षांत परेड के दौरान वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत कर रहे थे

प्रधानमंत्री ने उन्हें प्लिस कर्मियों की वर्दी पर गर्व करने के लिए कहा

उन्होंने आईपीएस प्रशिक्षुओं से हमेशा सर्तक रहने और अप्रत्याशित बातों के लिए तैयार रहने को कहा प्रधानमंत्री ने तनाव कम करने के लिए उन्हें करीबियों और शिक्षकों से बात करने को कहा उन्होंने य्वाओं की जीवन के शुरूआती दौर में गलत रास्ते पर जाने से रोकने की जरूरत पर भी बल दिया श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि महिला पुलिस कर्मी भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय ने आंभियांत्रिकी एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षायें संयुक प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने बारे दाखिल याचिका दूसरी बार निरस्त कर दी है काबिले गौर है कि विपक्षी दलों द्वारा शासित छ राज्यों ने सर्वोच्च न्यायाल में याचिका दाखिल कर अपने पहले आदेश की समीक्षा करने और इन प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने की गुज़ारिश की थी न्यायमूर्ति अशोक भूषण बी आर गवई और कृष्णा मुरारी ने इस याचिका के साथ ख्ली अदालत में पूर्नविचार याचिका की स्नवाई सम्बधी आवेदन भी ठ्करा दिया

कृषि मंत्री नरेन्ग्र सिंह तोमर ने कहा कि धान की ब्आई का काम चल रहा है जबकि दालों मोटे अनाजों तिलहनों बाजरा जैस फसलें की ब्आई का काम मुकम्मल हो गया है

कीटनाशक उर्वरक मशीनरी और ऋण उपलब्ध करवाने मे यह संभव हआ है श्री तोमर ने कहा कि किसानों ने समय पर कदम उठाते ह्ये प्रोद्योगिकी को अपना कर और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हये इसे संभव बनाने में मुख्य भ्रमिका निभाई है

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि सिरसा जिला के गांव चौटाला में महाग्राम योजना को इस ढ़ंग से लागू किया जाएगा कि यह गांव पूरे प्रदेश के लिए मॉडल गांव बने आज चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग दवारा श्रू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के बाद उपम्ख्यमंत्री ने कहा कि चौटाला गांव में महाग्राम योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना ली गई है और इस पर जल्द कार्य श्रू कर दिया जाएगा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस गांव में कचरा शोधन ठोस संयंत्र के साथ ही सुक्ष्म सिंचाई परियोजना भी श्रू करेगी ताकि संयंत्र से निकला हआ पानी कृषि में सिंचाई के काम आ सके

सिविल सर्जन ने बताया कि आज एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

जाखल के एक निजी बैंक के प्रबंधक सहित तीन लोग इन नये मरीज़ों में शामिल है

हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग दवारा सिरो सर्वे करवाया गया है

इसी प्रकार पंचकूला पानीपत पलवल सिरसा और हिसार में आठ प्रतिशत से कम एंटी बोडीज़ पाये गये है

यह सब्जी के बोरों में नीचे छिपाया हुआ था पुलिस ने इस मामले में यम्नानगर के तीन य्वकों को गिरफ्तार किया है प्लिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को डाक घर में बिजली बिल जमा करवाने की स्विधा शुरू कर दी है

डाकघरों पर इसके लिए उपभोक्ताओ से कोई अतिरिक्त श्ल्क नहीं लिया जायेगा और जमा की गई राशि उसी समय बिजली निगमों के सर्रवर पर अपडेट हो जायेगी